श्री अकबर के खिलाफ पत्रकार प्रिया रमानी और कुछ अन्य महिला पत्रकारों ने मी टू अभियान के तहत यौन उत्पीड़न का आरोप लगाये थे श्री अकबर ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए पत्रकार रमानी के खिलाफ फौजदारी मानहानि का दावा दायर किया था जिसकी सुनवाई कल होनी है श्री अकबर ने अपने बयान में कहा था कि बिना सबूत आरोप लगाना कुछ वर्गों के बीच एक वाइरल बुखार बन गया है

इससे पहले केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने पिछले सप्ताह मी टू अभियान के दौरान सामने आने वाले मामलों की जांच के लिए एक समिति गठित करने का प्रस्ताव किया था सरकार इसमें बदलाव करते हुए ऐसे मामलों की जांच के लिए मंत्रियों का एक समूह बनाने पर विचार कर रही है यह समूह मी दू अभियान से जुड़ी शिकायतों के हर पहलू की पड़ताल करेगा भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य और पूर्व केन्द्रीय मंत्री जसवंत सिंह के बेटे विधायक मानवेन्द्र सिंह ने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया उन्होंने आज सुबह कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से उनके घर पर मुलाकात की इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण की कांग्रेस में शामिल होने के बाद एक संयुक्त पत्रकार वार्ता में मानवेन्द्र सिंह ने इसकी पुष्टि की है

पत्रकार वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट भी मौजूद थे श्री गहलोत ने कहा कि कई भाजपा नेता अपनी उपेक्षा के कारण कांग्रेस में शामिल होने के लिए सम्पर्क कर रहे हैं

मानवेन्द्र सिंह के कांग्रेस में शामिल होने पर सूचना प्रसारण खेल और युवा मामलों के मंत्री राज्यवर्द्वन राठौड़ ने कहा कि ये उनका निजी फैसला है

विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेन्द्र सिंह ने भी आज जयपुर में कहा कि मानवेन्द्र सिंह के कांग्रेस में शामिल होने से हजारों कार्यकर्ताओं का अपमान हुआ है उन्होंने कहा कि श्री सिंह अनुशासनहीनता के मामले में पहले से पार्टी से निलंबित है और उनके इस फैसले से भाजपा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा गौरतलब है कि भाजपा से नाराजगी की वजह से मानवेन्द्र सिंह के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें कई दिनों से लगाई जा रही थी कुछ दिन पूर्व बाड़मेर के पचपदरा में उन्होंने स्वाभिमान रैली आयोजित कर भाजपा से अलग होने का ऐलान किया था

उदयपुर विधानसभा क्षेत्र में अधिकाधिक मतदान के लिए जागरूकता रैली निकाली गई साथ ही भूपाल नोबल्स कन्या महाविद्यालय में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जालौर जिले के सभी मतदान केन्द्र पर जागरूकता अभियान के तहत वीवी पैट और ईवीएम से मतदान को मोक पोल के जरिये समझाया जा रहा है झालावाड में जिला प्रशासन की ओर से मतदाता जागरूकता अभियान के तहत आज मैराथन दौड आयोजित की गई प्रतापगढ के खोरिया गांव में गरबा कार्यक्रम में युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक किया गया

सोने और चांदी से भरे हुए इन बैग्स पर जीपीएस के माध्यम से नजर रखी जा रही थी

श्री मोदी ने कल शाम एक टवीट संदेश में चीन कनाडा कैमरून हंगरी और ब्रनई के गायक कलाकारों के गाये इस भजन का वीडियो साझा किया

जयपुर के शास्त्री नगर विद्याधर नगर बेनाड न्यू सांगानेर रोड और सिंधी कैंप के अलावा कुछ अन्य इलाको से भी जीका के मामले सामने आने की खबरे हैं दूसरी ओर जयपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से स्वाइनफलू डेंगू स्कबटाइफस के मामले भी बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार वैक्टरजनित बीमारियों के लिए आने वाला एक माह अतिसंवेदनशील है स्वास्थ्य विभाग द्वारा जीका प्रभावित इलाकों में घर घर सर्वे किया जा रहा है साथ ही जयपुर नगर निगम द्वारा फोगिंग तथा अन्य लार्वारोधी गतिवियां संचालित की जा रही है जयपुर के अतिरिक्त सभी जिलों में चिकित्सा विभाग ने मौसमी बीमारियों पर काबू पाने के लिए अभियान चलाया है इस बीच कोटा बूंदी के सांसद ओम बिड़ला ने आज नई दिल्ली केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड़डा से मुलाकात कर हाड़ौती संभाग में स्क्रबटाइफस और डेंग् वहीं जयपुर में जीका जैसी बीमारियों की रोकथाम पर चर्चा की

आज बड़ी संख्या में श्रद्वालु मन्दिरों में महागौरी की पूजा अर्चना कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को श्भकामनाएं दी हैं एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि मॉ दुर्गा सभी लोगों के जीवन में खुशियां लाये और समाज से बुराई का अंत हो प्रदेश में भी दुर्गा अष्टमी का पर्व पारम्परिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है इस अवसर पर सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाडा स्थित चौथ माता के मंदिर में सुबह से ही श्रद्दालुओं की भारी भीड जुटी है झालावाड जिले में असनावर रिथित प्रचीन मा राता देवी मिश्रोली की मां अन्नपूर्णा भवानीमण्डी के पास स्थित मा दुधाखेडी सहित विभिन्न देवी मंदिरों के साथ ही घरों में देवी की पूजा अर्चेना के साथ कन्याओं को भोजन करवाया गया करौली के प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैलादेवी में चल रहे नवरात्र मेले में आज श्रद्दालुओं की भारी भीड़ बनी हुई है बांसवाड़ा के त्रिपुर सुंदरी मंदिर में भी सुबह से भक्तों के आने का सिलसिला जारी है उधर जैसलमेर में तनोट राय माता मंदिर में आम श्रद्धालुओं के साथ सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने भी यज्ञ अनुष्ठान में भाग लिया नवरात्रि के दौरान जालौर जिले के विभिन्न शहरों कस्बों और गांवों में डांडिया गरबा मण्डलो द्वारा विशेष आयोजन किये जा रहे हैं

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अब पैरा खिलाड़ियों को भी सामान्य खिलाड़ियों के बराबर ही सम्मान दिया जाएगा उन्होंने खिलाड़ियों का देश का गौरव बढ़ाने के लिए धन्यवाद किया

बीकानेर जिले के कोलायत क्षेत्र के दासूड़ी गांव में एक युवक की पैर फिसलने से कुंड में गिरने से मौत हो गयी